राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि दूरस्थ इलाकों से मतदान के अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है उन्होंने कहा कि सभी मतदान दलों की वापसी के बाद मतदान के प्रतिशत में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है वहीं वर्ष दो हजार चौदह में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में इन सात सीटों पर उनहत्तर दशमलव शून्य नौ प्रतिशत मतदान हुआ था कल जिन सात संसदीय क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए उनमें रायपुर बिलासपुर दुर्ग कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं सरगुजा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगभग चौहत्तर दशमलव चार दो प्रतिशत मतदान हुआ वहीं बिलासपुर लोकसभा सीट में सबसे कम लगभग बासठ दशमलव दो छह प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इसके अलावा रायगढ़ और कोरबा में तिहत्तर प्रतिशत से कुछ अधिक मतदान दर्ज किया गया जांजगीर चांपा में पैंसठ दुर्ग में लगभग सड़सठ और रायपुर संसदीय क्षेत्र में करीब पैंसठ फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

इन ग्यारह सीटों पर इस बार मतदान का आंकड़ा सत्तर फीसदी को पार कर गया है जबकि वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में हुए करीब उनहत्तर फीसदी मतदान हुआ था गौरतलब है कि कल छत्तीसगढ़ सहित तेरह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों की एक सौ सोलह सीटों पर वोट डाले गए लेकिन इस चुनाव के नतीजों के लिए अभी करीब महीने भर का इंतजार करना होगा क्योंकि देश के बाकी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी मतों की गिनती एक साथ आगामी तेईस मई को की जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे मतदान दल वापसी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की प्रक्रिया संपन्न होते ही मतदान दलों की वापसी का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था सात संसदीय क्षेत्रों में जिला मुख्यालय के करीब स्थित मतदान केन्द्रों से मतदानकर्मी लौट आए हैं रायपुर स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य छह संसदीय क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीनों को जमा करने के लिए कल रात से ही मतदानकर्मियों की भीड़ लगी रही मशीनों का मिलान करने के बाद इन्हें जमा करने का सिलसिला सुबह तक चलता रहा इस मौके पर संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित थे इन सभी जिलों के स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीनों को तीन घेरों वाली सुरक्षा के साथ रखा गया है प्रत्येक सुरक्षा घेरे में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं साथ ही स्ट्रांग रूम से लेकर मुख्य दरवाजे और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं वोटिंग मशीनों को जमा करने से पहले सुरक्षा बलों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया वहीं वोटिंग मशीनों के जमा होते ही इन कमरों को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया गया बताया गया है कि किसी भी स्ट्रांग रूम में जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना बाहरी या अवांछित व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ये सभी स्ट्रांग रूम तेईस मई को होने वाली मतगणना के दिन प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे निगरानी दल कार्रवाई इस बार प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में अवैध सामग्रियों और नगद राशि के परिवहन पर निगरानी दलों ने लगातार कड़ी नजर रखी ताकि मतदाता निष्पक्ष होकर और किसी प्रलोभन के बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा गठित उड़नदस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों के अलावा पुलिस तथा आबकारी विभाग की टीम ने कल हुए मतदान से पहले तक कुल नौ करोड़ बत्तीस लाख रूपए से अधिक के सामान और नगद राशि जब्त की हैं इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार निगरानी दलों द्वारा सात करोड़ अटहत्तर लाख रूपये से अधिक की नगद राशि जब्त की गई है वहीं लगभग साढ़े बारह लाख रूपए की शराब करीब सोलह लाख रूपये के आभूषण और चालीस लाख रूपये के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं साथ ही लैपटाप साड़ी और प्रेशर कुकर जैसे सामान भी जब्त किए गए हैं इनकी अनुमानित कीमत करीब पच्यासी लाख रूपये बताई गई है सी विजिल ऐप शिकायत राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की साढ़े चार सौ से अधिक शिकायतें मिली हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि इनमें से दो सौ संतावन शिकायतों पर कार्रवाई की गई है वहीं अपूर्ण जानकारी और बिना प्रमाण वाली दो सौ नौ शिकायतों को रद्द कर दिया गया है श्री साह ने बताया कि इस बार लोगों ने काफी सक्रियता और जागरूकता दिखाते हुए सी विजिल एप के माध्यम से प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में शिकायतें दर्ज कराई हैं इसमें सबसे अधिक एक सौ छह शिकायतें रायपुर जिले में दर्ज की गई जबकि बालोद बेमेतरा और गरियाबंद जिले में सिर्फ एक एक शिकायत प्राप्त हुई थी माओवादी गिरफ्तार गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक एम आर अहिरे ने बताया कि पुलिस और माओवादियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर एक माओवादी को गिरफ्तार कर लिया

इस वजह से रायगढ़ और बिलासपुर के बीच कुछ लोकल और पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रद्द रहेगा सेल्फी प्रतियोगिता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर वोटर सेल्फी जोन बनाए गए थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सेल्फी फोटो की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक मतदाता वोट डालने के बाद खींची गई अपनी सेल्फी फोटो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक या ट्वीटर एकाउंट पर छब्बीस अप्रैल तक भेज सकते हैं प्रतियोगिता में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से पच्चीस उत्कृष्ट सेल्फी फोटो को पुरस्कृत किया जाएगा रेखा नायर नोटिस प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर को जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है यह नोटिस जांच एजेंसी के खिलाफ रेखा नायर द्वारा सोशल मीडिया में की गई कथित टिप्पणी के लिए भेजा गया है

आर्थिक नायर को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है

वहीं एक अन्य पीठासीन अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है